प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाजपा अन्य दलों की तरह वोट बैंक की राजनीति नहीं करती बल्कि वह राष्ट्र की सेवा के लिए राजनीति में है श्री मोदी ने कहा है कि मौकापरस्त गठबंधन और परिवारवादी दल अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं जबकि भाजपा लोगों के हाथ मजबूत करना चाहती है प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा क्योंकि उसके पार्टी कार्यकर्ता लगातार लोगों से जुड़े रहे हैं भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की चुनौतियों से निपटने के लिए पंद्रह उपसमितियों के गठन का निर्णय किया है यह उपसमितियां जनता की राय लेंगी और उसके आधार पर लोकसभा चूनाव के लिए पार्टी का संकल्पपत्र तैयार किया जाएगा गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संकल्पपत्र समिति की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली निर्मला सीतारमण रविशंकर प्रसाद पीयूष गोयल और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित थे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एनडीए ने बिहार में लोकसभा की सभी चालीस सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए साझा रणनीति तैयार कर ली है जबकि महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा ही तय नहीं हो पाया है श्री मोदी ने आज एक ट्वीट में कहा कि बिहार में एनडीए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर चूनाव लड़ेगा राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने तीन तलाक अध्यादेश को फिर से लागू करने को मंजूरी दे दी है अध्यादेश में विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और तत्काल तीन तलाक की प्रथा को अपराध की श्रेणी में रखा गया है सिखों के दसवें और आखिरी गुरु गुरू गोबिंद सिंह जी की तीन सौ बावनवीं जयंती आज देशभर में मनाई जा रही हैं गुरू गोबिन्द सिंह जी का जन्म सोलह सौ छियासठ में पटना साहिब में हुआ था राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने इस अवसर पर श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गुरू गोबिन्द सिंह जी ने अपना जीवन लोगों की सेवा तथा सत्य न्याय और करूणा के आदर्शो के लिए समर्पित कर दिया था

वो जितने अच्छे योद्वा थे उतने ही बेहतरीन कवि और साहित्यकार भी थे अन्याय के विरूद्व उनका जितना कड़ा रूख था उतना ही शांति के लिए भी आग्रह था मानवता की रक्षा के लिए राष्ट्र की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान से देश और दुनिया परिचित है प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के प्रयासों के कारण करतारपुर गलियारे का निर्माण किया जा रहा है जिससे श्रद्वालु अब करतारपुर जाकर अरदास कर सकेंगे

अब हर भारतीय हर सिख नारोवाल जा पाएगा और बिना वीजा के गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन कर पाएगा

हमारे गुरू का सबसे महत्वपूर्ण स्थल सिर्फ कुछ ही किलोमीटर से दूर था लेकिन उसे भी अपने साथ नहीं लिया गया ये कॉरिडोर उस नुकसान को कम करने का एक प्रामाणिक प्रयास है हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पटना साहिब में प्रकाशोत्सव के रूप में मनाई जा रही है

गुरूद्वारा को आकर्षक और मनमोहक ढंग से सजाया गया है देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्वालू यहां विशेष प्रार्थना कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज गुरू ग्रंथ साहिब के दर्शन किये शबद कीर्तन से पूरा माहौल गूज्यमान है विशेष लंगर में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग उत्साहित होकर भाग ले रहे हैं प्रकाशोत्सव के मौके पर आज रात्रि गुरूद्वारा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने से राज्यों के राजस्व में आ रही कमी से निपटने के लिए गठित सात सदस्यों वाले मंत्रिसमूह के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी होंगे वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने हाल में इस संबंध में मंत्रिसमूह के गठन का निर्णय लिया था यह समिति अप्रैल से नवम्बर के दौरान बिहार समेत कई राज्यों के राजस्व में आई कमी का डेटा विश्लेषण कर राजस्व बढ़ाने और सुधारात्मक उपायों के सुझाव देगी सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या सत्हत्तर पर टॉल प्लाजा के समीप आज एक पर्यटक बस और ट्रक के बीच हुयी टक्कर में एक चालक सहित दो लोगों की मौत हो गयी वहीं दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी मोहम्मद सोहैल ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में भर्ती किया गया है श्री सोहैल ने बताया कि घायलों में अधिकतर उत्तराखंड के निवासी हैं बांका जिले के धोरैया प्रखंड के मकैता बबूरा गांव में बर्ड फलू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने संक्रमित पक्षियों को मार कर दफना दिया है बांका के अनुमंडल दंडाधिकारी मनोज कुमार चौधरी ने आज प्रभावित गांव का दौरा किया और संक्रमित पक्षियों को पकड़ने के लिए कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए वहीं पटना स्थित पुलिस लाईन में आज चालीस कौए मरे हुए पाये गये हैं इन कौओं के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है गौरतलब है कि पशुपालन विभाग ने पटना स्थित जैविक उद्यान के साथ साथ मूंगेर में भी बर्ड फ्लू की पूष्टि की है प्रदेश में खसरा रूबैला जैसी घातक बिमारियों से बच्चों को बचाने के लिए आगामी पंद्रह जनवरी से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है इस अभियान के दौरान सभी जिलो में नौ माह से पंद्रह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को खसरा रूबैला का टीका लगाया जाएगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार कल राजगीर में कृषि यांत्रिकरण मेला का उद्घाटन करेंगे मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले इस दो दिवसीय मेला में अत्याधुनिक कृषि यंत्रों के स्टाल लगाए जाएंगे मेले में किसान इन यंत्रों को खरीद भी सकते हैं राजधानी पटना सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में व्रद्धि से लोगों को भीषण ठंड से राहत मिली है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के पूर्वानुमान में बताया है कि प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा वहीं सुबह और शाम मे हल्का कुहासा छाये रहने की संभावना व्यक्त की गयी है आज भागलपुर के सबौर में न्यूनतम तापमान चार दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया बेगूसराय में सर गणेशदत्त की चौहतरवीं जयंती समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय क्मार चौधरी ने कहा कि आज समाज के हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा के प्रसार के लिए आगे आना चाहिए नवादा जिले के मुफ्फसिल थाना के सीतारामपुर गांव में गड्ढे में पलटे एक गैस कम्पनी के टैंकर को आपदा की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा के आरोप में जमुई सदर प्रखंड के कुन्द्री सनकुरह पंचायत के मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है शेखपुरा में जीविका से जुड़ी पचास महिलाओं को प्याज से पेस्ट और पाउडर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है पूर्वी चम्पारण जिले के छतौनी में पुलिस ने चालीस लाख की चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है